सेना के पांच अन्य शहीद जवानों का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा

संक्रमित लोगों की संख्या सात हजार के आसपास पहुंची

सबसे अधिक सत्तर मिलीमीटर बारिश औरंगाबाद में रिकॉर्ड की गयी चीन की सेना के साथ लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर लद्दाख में हिंसक झड़प में शहीद जवान हवलदार सुनील कुमार का आज पटना के मनेर गंगा तट पर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया इस अवसर पर लोगों ने शहीद जवान अमर रहे का जयघोष किया इससे पहले शहीद जवान का पार्थिव शरीर बिहटा में तारानगर स्थित उनके पैतृक घर ले जाया गया जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव सहित विभिन्न दलों के नेता सेना के अधिकारी उपस्थित थे सुनील कुमार बिहार रेजिमेंटल सेंटर में वर्ष दो हजार दो में शामिल हुए थे इधर सेना के पांच अन्य शहीद जवानों के पार्थिव शरीर आज पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी शहीद जवानों में समस्तीपुर जिले के अमन कुमार सिंह वैशाली जिले के जयकिशोर सिंह सहरसा के कुंदन कुमार और भोजपुर के चंदन कुमार तथा कुंदन ओझा के पार्थिव शरीर शाम में एयरपोर्ट पहुंचे जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किये इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव विभिन्न मंत्रियों पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की सभी शहीदों का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा सभी जवानों के पार्थिव शरीर उनके पैत्रक गांव भेज दिये गये हैं भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हाल में हुई हिंसक झड़पों के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है विभिन्न दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वर्च्रअल बैठक में भाग लेंगे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने चीन के साथ विवाद पर कहा है कि हम शांति से रहना चाहते है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी हमें आकर परेशान करें एक कार्यक्रम में भारतीय सैनिकों के बलिदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश सैनिकों के साथ है

हम बहुत गंभीरता से इसको लेते है और हम शांति बनाये रखना चाहते हैं लेकिन इसका मतलब कोई भी आए और छेड़े

ये बहुत दुखद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत कोविड महामारी से निपटने और इस संकट को अवसर में बदलने में कामयाब रहेगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इक्तालीस कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन की नीलामी की शुरूआत के अवसर पर उन्होंने यह बात कही श्री मोदी ने कहा कि सभी संकेत दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं

आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इम्पोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इम्पोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रूपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इम्पोर्ट न करना पड़े इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा आगे बढ़ेगा श्री मोदी ने कहा कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरूआत कर रही है बल्कि कोयला क्षेत्र के लिए दशकों का लॉकडाउन भी खत्म कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी तथा मध्य भारत के विकास के लिए सरकार कई कदम उठा रही है कोयले की खानों में व्यावसायिक खनन की अनुमति से इस क्षेत्र के विकास और आधारभूत ढांचा विकसित करने में मदद मिलेगी प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से मरने वालों की संख्या बढकर चौवालीस हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में पांच लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किये गये बुलेटिन के अनुसार आज तिरपन लोगों में महामारी की पुष्टि हुई है जिसके बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढकर छह हजार नौ सौ तिरानवे हो गयी है अब तक राज्य में इलाज के बाद चार हजार नौ सौ इकसठ लोग स्वस्थ हो चुके है आज सबसे अधिक सत्रह नये मामले रोहतास जिले में सामने आये हैं यह सभी मामले जिले के चेनारी और बोदारही से जुड़े हैं इसके साथ ही दरभंगा में सोलह समस्तीपुर में छह और सिवान में तीन नये मामलों की पुष्टि हुई है मधुबनी अररिया किशनगंज में दो दो जबकि अरवल भागलपुर गया कैमूर और पटना में एक एक पॉजिटिव मामले सामने आये हैं अब तक प्रदेश में चार हजार नौ सौ इकसठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर लगभग उनहत्तर प्रतिशत हो गयी है हमारे संवाददाता ने बताया कि नालंदा जिले में कोविड उन्नीस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गयी है आज बिहारशरीफ और नूरसराय में एक एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हुई है इधर पूर्व केन्द्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह और भाजपा के पूर्व सांसद पुतुल सिंह कोरोना से संक्रमित पाये गये हैं जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग तिरेपन प्रतिशत हो गई है अब तक करीब एक लाख चौरानवे हजार संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान सात हजार तीन सौ नब्बे लोग ठीक हुए

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के बारह हजार आठ सौ इक्यासी नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या लगभग तीन लाख सड़सठ हजार हो गई हैं नई दिल्ली के विमहंस अस्पताल में मनोचिकित्सक डॉ सोनाली बाली ने मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए लोगों को सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने पर जोर दिया

हम चीजों को सही मायने में समझे तो अगर ऐसा होता है तो हमारे जीवनहीजे प्रोसेसिस पॉजिटिव होते हैं हमें समझ में आता है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है तो कपेबतपउपदंजपवद क्यों किया जाए अगर हमारे थोटस प्रोसिस कैरेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको ये बीमारी हुई है कंपैशन काइंडनेस जनरेट होगी और सिग्मा रिडयूज होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार बीस जून को छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत करेंगे वीडियो कांफ्रेंस के जरिये प्रधानमंत्री खगड़िया से इसकी शुरूआत करेंगे इस योजना का उद्देश्य अपने अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है एक सौ पच्चीस दिनों तक चलने वाले इस अभियान को मिशन मोड पर कार्यान्वित किया जाएगा इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को पच्चीस विभिन्न तरह के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फेक न्यूज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता श्री जावडेकर ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि मीडिया की आजादी के तहत फेक न्यूज की छूट नहीं है

लोगों को सही जानकारी मिलना ये उनका हक है और कोई झूठ फैलाने की कोशिश करता है कि दोनों का पर्दाफाश होगा ये वे निश्चित समझे प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना गोपालगंज सारण भोजपुर औरंगाबाद रोहतास जहानाबाद वैशाली मुजफ्फरपुर शिवहर सीतामढ़ी पूर्वी चंपारण नालंदा शेखपुरा नवादा बेगूसराय और लखीसराय जिले में अच्छी बारिश हुई है सबसे अधिक सत्तर मिलीमीटर बारिश औरंगाबाद में दर्ज की गयी इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि अररिया सुपौल कटिहार किशनगंज और पूर्णिया में पच्चीस मिलीमीटर से लेकर पचास मिलीमीटर तक बारिश हुई है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है पूर्णिया भागलपुर बांका और जमुई में बारिश के दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गयी है

मुजफ्फरपुर में बागमती का जलस्तर बढ़ने से कई स्थानों पर सड़कों के डायवर्जन बह गये हैं जबकि पीपा पुलों को क्षति पहुंची है मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कटरा औराई और गायघाट प्रखंडों में कटाव तेज हो गया है और कई निचले इलाको में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है इधर दरभंगा जिले में कमला नदी के उफान पर रहने के कारण गौड़ा बौराम और मध्ुबनी जिले के मधेपूर प्रखंड में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई निचले इलाकों में पानी फैल जाने से खेत में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया है कि जिले में गंगा कोसी महानंदा और बरंडी नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है वहीं शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है केन्दीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज पटना के प्रमुख नालों की सफाई संप हाउस की मरम्मत और रख रखाव के कार्यों का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पिछले वर्ष जैसी जल जमाव की स्थिति फिर न हो इसके लिए सभी आवश्यक कार्य समय पर प्ररा किया जाये इस दौरान उनके साथ कुम्हरार के विधायक अरूण कुमार सिन्हा बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन और दीघा के विधायक संजीव चौरसिया समेत नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की नौ सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरु हो गया है पहले दिन किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि पच्चीस जून है और पत्रों की जांच अगले दिन होगी उनतीस जून तक नाम वापिस लिये जा सकेंगे और छह ज़लाई को मतदान होगा तथा उसी दिन मतगणना की जाएगी इधर विधान परिषद के लिए अपने प्रत्याशी तय करने के मुद्दे को लेकर राजद संसदीय बोर्ड की पटना में बैठक हुई जिसमें उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के अस्थि अवशेष पटना के गांधीघाट पर गंगा में विसर्जित कर दी गयी अभिनेता के पिता ने अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया

सेना के पांच अन्य शहीद जवानों का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा

संक्रमित लोगों की संख्या सात हजार के आसपास पहुंची

सबसे अधिक सत्तर मिलीमीटर बारिश औरंगाबाद में रिकॉर्ड की गयी